मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे वे हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिये तत्पर रहते थे समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के हितों के प्रति वे अत्यन्त संवेदनशील थे उनके निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता तथा जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है जन्मेजय सिंह का ग्रूवार की रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वह पचहत्तर वर्ष के थे विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी दलों के नेताओं ने जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है इस बीच कल राज्य विधानसभा की कार्यवाही जन्मेजय सिंह को श्रद्वाजंलि देने के बाद आज सुबह ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई है विधानसभा का तीन दिन का मानसून सत्र गुरूवार से शुरू हुआ था गुरूवार को भी दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी वहीं विधान परिषद में कल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बह्जन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिगर्मन किया शून्यकाल के दौरान सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन की सूचना के जरिये प्रदेश की कथित खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिये सरकार ने बड़े बड़े दावे किये हैं लेकिन आम जनता को उचित इलाज नहीं मिल रहा है

नेता सदन के इस जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये इसके बाद बसपा सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की भारतीय जनता पार्टी के देवरिया सदर से विधायक जन्मेजय सिंह का अंतिम संस्कार कल बड़हलगंज के मुक्तिधाम में कर दिया गया श्री सिंह को मुखाग्नि उनके पुत्र ने दी कोविड नाइन्टीन संक्रमण से ठीक होने वालों की दर और बेहतर हो रही है अब तक चौहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत लोग स्वस्थ हो गये हैं पिछले चौबीस घंटों में बासठ हजार दो सौ बयासी रोगी स्वस्थ हुए हैं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या इक्कीस लाख अट्ठावन हजार नौ सौ छियालिस हो गई है मृत्यू दर में तेजी से कमी आ रहीहै और अब यह दर एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत पर आ गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के चार हजार नौ सौ इक्यानबे नये मामले सामने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्फ्रारेड थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाय संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की जांच कराई जाय मुख्यमंत्री श्री योगी कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा प्रतिदिन होम आइसोलेशन वाले मरीजो से सुबह शाम सम्पर्क करते हुए उनका स्वास्थ सम्बंधी फीड बैक प्राप्त किया जाय मुख्यमंत्री लखनऊ तथा कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदढ़ किया जाय आकाशवाणी से विशेषज्ञोंकी सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारितकी जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉ बलबीर सिंह ने बताया कि एंटीबॉडीटेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों को लगातार सभी सावधानियां बरतनी चाहिए एंटीबॉडी टैस्टपॉजिटिव है तो वह बिलकुल यह सोचें कि हमको नहीं हो सकता है कोरोना वायरस इस वायरसको अभी तक हम पूरी तरह समझ नही पाये हैं

सब कुछ गलत प्रफ कर दिया डाक्टर्स को डब्ल्यूएचओ कोबहुत आर्गेनाइजेशन्स फेल हुई तो इसलिये अगरकिसी को एंटीबॉडी टैस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो ये मत सोचे कि उसको इन्फैक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जीजाये ऐसा नहीं हो सकता निर्वाचन आयोग ने कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आगामी आम चुनाव और उपचुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड नाइन्टीन के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी रोडशो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अन्तर रखना जरूरी होगा सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड नाइन्टीन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा अमर सिंह के निधन के बाद प्रदेश की राज्यसभा की सीट को निर्वाचन आयोग ने रिक्त घोषित किया है इस सीट पर उप चुनाव ग्यारह सितम्बर को होगा

इस सीट पर अधिसूचना पच्चीस अगस्त को जारी की जायेगी उप चुनाव के लिये नामांकन की अंतिम तिथि एक सितम्बर है नामांकन पत्रों की जांच दो सितम्बर को होगी जबकि नाम वापस लेने की तिथि चार सितम्बर होगी मतदान ग्यारह सितम्बर सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि मतगणना उसी दिन शाम को पांच बजे होगी प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को तटबंध की निरन्तर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रदृषित जलजनित एवं वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं श्री गोयल ने बताया कि बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित है कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिये बाईस टीमें तैनात की गई है साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान किट का वितरण किया जा रहा है खेल मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिये जिन पांच खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की थी उन्हें स्वीकार कर लिया है इस साल खेल रत्न पाने वाले पांच खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान विनेश फोगाट पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेल टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं इस साल अर्जुन पुरस्कार सत्ताईस खिलाड़ियों को दिया जायेगा गणेश चत्र्थी का पावन पर्व आज पूरे देश में श्रद्वा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है यह दिन बुद्वि और रिद्वि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरो में गणेश प्रतिमाए स्थापित कर के पूजा अर्चना करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने लोगों को गणेश चत्र्थी पर्व पर शुभकामनाए दी हैं